मामले के सभी चौबीस अभियुक्तों के खिलाफ दायर हो चुका है आरोप पत्र

और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है

विशेष न्यायाधीश गीता गुप्ता की अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई इस मामले में सीबीआई ने अब तक चौदह प्राथमिकियां दर्ज की हैं जिसमें चौबीस अभियुक्त बनाये गये हैं तेईस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सभी के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर हो चुका है दायर आरोप पत्रों के अनुसार घोटाले की राशि उन्नीस सौ करोड़ रूपये तक पहुंचने का अनुमान है इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी खाते के नाम से काटे गये चेक को सुजन समिति के खाते में जमा करने और सृजन समिति के खाते से अवैध रूप से सरकारी खाते में राशि जमा करने के मामले में भागलपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा पर ढ़ाई करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है राज्य सरकार फर्जी जीएसटी निबंधन कराने वालों के खिलाफ जांच शुरू करेगी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि निबंधन कराने के बाद व्यापार नहीं करने वाले कारोबारियों के निबंधित पते पर कारोबार परिसर का निरीक्षण किया जायेगा श्री मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापारियों कर सलाहकारों और अंकेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है इसमें कहा गया है कि हर साल एसटीईटी के आयोजन की कोई बाध्यता नहीं है इसलिए न्यायालय को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए गौरतलब है कि एकल पीठ ने एसटीईटी में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में आठ साल छूट देने का आदेश दिया था पटना के एनएमसीएच में आज पांचवें दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं ब्ररी तरह प्रभावित हुई हैं इमरजेंसी सेवा और ओपीडी को जूनियर डॉक्टरों ने पूरी तरह से ठप कर दिया है जिस कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इधर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के संघ की आज बैठक होगी बैठक में एनएमसीएच के डॉक्टरों के समर्थन में हड़ताल पर जाने को लेकर फैसला किया जायेगा राज्य सरकार विभिन्न विभागों में एक हजार पांच सौ चौंतीस नये पदों पर नियुक्ति करेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी इनमें सबसे अधिक भवन निर्माण विभाग में माली के एक हजार पद सृजित किये गये हैं प्रदेश में पांचवें और अंतिम चरण के पैक्स चुनाव की अधिसूचना जारी हो गयी है इस चरण के तहत एक हजार उनसठ पैक्स के चुनाव होने हैं अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम चार दिसम्बर से शुरू होकर छह दिसम्बर तक चलेगा नामांकन पत्रों की जांच सात और आठ दिसम्बर को होगी वहीं दस दिसम्बर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं मतदान सत्रह दिसम्बर को होगा रबी मौसम को लेकर प्रदेश की सभी पंचायतों में आज से किसान चौपाल का आयोजन किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार पटना के जमालउद्दीनचक पंचायत से इसकी शुरूआत करेंगे चौपाल के माध्यम से कृषि के साथ साथ पशुपालन मत्स्य और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की किसानों को जानकारी दी जायेगी साथ ही किसानों को खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए भी जागरूक किया जायेगा राज्य सरकार ने जन्म और मृत्यु के निबंधन को बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है पिछले दिनों राज्य मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी अब जन्म और मृत्यु का निबंधन प्रमाण पत्र हर स्तर पर तीन से छह दिन के अन्दर देना अनिवार्य होगा पटना और आरा को जोड़ने वाली कोईलवर पूल पर आज रात से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू हो जायेगी पुल पर आरा की ओर से बड़े वाहनों का परिचालन बंद रहेगा जबकि छोटे वाहनों के परिचालन पर दोनों तरफ से कोई रोक नहीं रहेगी बिहटा से कोईलवर की ओर जाने वाली ट्रकों को शाहपुर पुल से अरवल होकर भेजा जायेगा वहीं पटना के जे पी सेतु पर भी आज से रात के दस बजे से रात दो बजे तक ही भारी वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गयी है इधर गांधी सेतु के समानांतर पटना के गाय घाट से वैशाली के तेसरिया तक पीपापुल पर आज से आवागमन शुरू हो जायेगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रारंभिक समारोह का उद्घाटन करेंगे फिल्म समारोह में छिहत्तर देशों की तीन सौ फिल्में दिखाई जाएंगी महाअभिनेता अमिताभ बच्चन और सुपर स्टार रजनीकांत को इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा समारोह में दस हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं बेगूसराय जिले में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में इस महीने की छब्बीस तारीख से ई पॉस प्रणाली से राशन मिलने लगेगा हमारे संवाददाता ने बताया कि जन वितरण प्रणाली के हर डीलर को ई पॉस मशीन उपलब्ध करायी जा रही है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है

पात्र उपभोक्ता सरकारी गल्ले की दुकान पर आयेंगे और अंगूठे या आंख की रेटिना के मिलान कर उन्हें निर्धारित कीमत पर राशन उपलब्ध करा दिया जायेगा जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि इस पारदर्शी व्यवस्था से न सिर्फ उपभोक्ता को आसानी होगी बल्कि प्रशासन और सरकार को भी वितरण से लेकर राशन की उठाओ और भंडारण की त्वरित जानकारी मिलती रहेगी जब तक ये व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाती तब तक किसी भी पात्र उपभोक्ता को ई पॉस का बहाना बनाकर राशन से वंचित नहीं किया जायेगा आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से मैं अनुज वर्मा पटना उच्च न्यायालय ने प्रद्षण के बढ़ते स्तर पर चिंता जताते हये कहा है कि प्रद्षण मुक्त जीवन भी लोगों का मौलिक अधिकार है न्यायालय ने राज्य सरकार को पांच वर्षो के भीतर हरित पटना का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश भी दिया निगरानी जांच ब्यूरो द्वारा पिछले दिनों गिरफ्तार किये गये पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार को पन्द्रह दिनों की न्यायिक हिरासत में भागलपुर केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया है इधर गिरफ्तार अभियंता की पत्नी पर निगरानी विभाग ने नोट जलाने के मामले में पटना के राजीव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी है मूंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के विश्नपूर गंगा दियारा में पूलिस ने दो मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर दो हथियार कारीगरों को गिरफ्तार कर लिया है मौके से निर्मित अर्द्वनिर्मित हथियारों के साथ साथ हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किये गये हैं भागलपुर जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव से पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी लाली कुंवर को गिरफ्तार कर लिया है वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र अन्तर्गत कर्णपुरा गांव में छापेमारी करने गयी उत्पाद विभाग की टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गये भागलपुर जिले की एक अदालत ने लगभग तीन साल पुराने मॉब लिंचिंग की घटना में शामिल आठ आरोपियों को उम्र कैद और पच्चीस पच्चीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है दरभंगा झंझारपुर रेलखंड पर तेज गति से ट्रेनों के परिचालन का परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से स्वीकृति मिलने के बाद इस मार्ग पर सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू हो जायेगा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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है एक दिसम्बर से बिहार में टॉल प्लाजा पर सिर्फ एक नकदी काउंटर रहेगा दैनिक जागरण ने लिखा है जदयू ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के बागी सरयू राय को समर्थन देने का फैसला किया दैनिक भास्कर लिखता है जाने माने प्रकृति विज्ञानी सर डेविड एटनबरो को इस साल का इंदिरा गांधी शांति सम्मान प्रभात खबर की सुर्खी है दिल्ली में प्रद्षण पर बोले राष्ट्रपति भविष्य को लेकर होती है चिंता दैनिक आज ने लिखा है स्कूलों से गायब शिक्षकों पर लागू होगा नो वर्क नो पे का नियम राष्ट्रीय सहारा ने संसद में विपक्षी दलों द्वारा जेएनयू के छात्रों पर हुये लाठीचार्ज की उच्चस्तरीय जांच की मांग से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

मामले के सभी चौबीस अभियुक्तों के खिलाफ दायर हो चुका है आरोप पत्र

और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है